कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को अन्य लाभ भी उपलब्ध कराने का फैसला किया है उन्होंने बताया कि सरकार आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इस वर्ष पूरे देश में चालीस हजार आरोग्य केन्द्र खोलेगी एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने ऋण पर ब्याज दरों में दस आधार अंकों की कटौती की है बैंक ने एक लाख से नीचे की सावधि जमा पर ब्याज दरों में भी पच्चीस आधार अंक का संशोधन किया है एसबीआई ने एक बयान में कहा कि ऋण पर नई ब्याज दरें आज से प्रभावी हो जाएंगी जबकि बचत बैंक जमा पर ब्याज दर एक नवम्बर से प्रभावी होगी दशहरा कुल्लू में चल रहे अर्तराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के दौरान कल वाद्ययंत्रों की धुनों पर भगवान नरसिंह की भव्य जलेब निकाली गई

इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कल शाम दशहरा मेले में भगवान रघुनाथ के अस्थाई शिविर में जाकर शीश नवाया और पूजा अर्चना की बाद में उन्होंने उत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की इस दौरान बालीवुड गायक सुरेश वाडेकर और झारखंड ओड़िशा के अलावा हिमाचल के कलाकारों ने कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों का मनोरंजन किया चुनाव प्रबंध पच्छाद निर्वाचन क्षेत्र में उप चुनाव को लेकर सभी आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं उपचुनाव के लेकर दृष्टिगत राजनीतिक दलों की रैली के लिए स्थान चिन्हित कर दिए गए हैं निर्वाचन अधिकारी नरेश वर्मा ने बताया कि राजनीतिक दलों द्वारा रैली आयोजित करने के लिए नेहरू ग्राऊंड राजगढ़ तथा कुश्ती ग्राऊंड सराहां को चिन्हित किया गया है इस बीच नाहन में सूक्ष्म पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया उधर भारतीय राजस्व सेवा के एन मोहम्मद अली को उप चुनाव के लिए व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है सौर ऊर्जा ऊना जिला की सभी पंचायतों में दो दो मैगावाट के रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य है

हिम ऊर्जा के एक प्रवक्ता ने बताया कि इससे राज्य सरकार की लाखों रुपए की बिजली की बचत हुई है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

पंजाब केसरी का शीर्षक है देव महाकुंभ में निकली भगवान नरसिंह की भव्य जलेब भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान को दैनिक जागरण ने शीर्षक दिया है अब मिले जम्मू कश्मीर के लोगों को हक दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं हिमाचल और देश में भाजपा का स्वर्णकाल अमर उजाला लिखता है भाजपा के पास नेता भी और नीति भी आपका फैसला के अनुसार बीजेपी को बनाएंगे विश्व की सबसे उत्कृष्ट पार्टी

दैनिक भास्कर की एक खबर है एनएचआई इसी महीने शुरू करेगी पिंजौर नालागढ़ फोरलेन का कार्य

डीसी सिरमौर के खिलाफ होगी जांच कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव विभाग ने दिए आदेश दिव्य हिमाचल की खबर है मौसम पर पंजाब केसरी की सुर्खी है साच दर्रे पर आधा फुट ताजा हिमपात मनाली लेह मार्ग बंद आपका फैसला लिखता है भरमौर और डलहौजी में सीजन की पहली बर्फबारी अमर उजाला के शब्द हैं डलहौजी खज्जियार में बर्फबारी शिमला में झमाझम बारिश

नमस्कार